इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की मांग पर बाड़बंदी योजना में भी बदलावा किया है और अब कांटेदार तार तथा चैनललिंक बाड़बंदी के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में कहा कि कृटलैहड विधानसभा क्षेत्र डीहर नाला और चपलाह में दो चैक डैम का निर्माण किया जाएगा इन चैक डैम के बनने से लगभग एक सौ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी

वीरेन्द्र कंवर ने बाद में कुटलैहड़ के बनौड़ महादेव मंदिर में जनसमस्याएं भी सुनी राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सरकार लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही है सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की जावली पंचायत में बनने वाले संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे

शिवरात्रि शिवरात्रि का त्योहार कल प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और शिवरात्रि प्रदेश में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है उन्होंने आशा जताई कि यह पर्व लोगों के जीवन में शांति और प्रसन्नता लाएगा मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार आपसी भाईचारे को सुदृढ़ कर प्रदेश के लोगों के जीवन में नई उमंग और उत्साह का सृजन करेगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने संदेश में उम्मीद जताई है कि भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर विधायक विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है

मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए न्यासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में उपयोगी साबित होगा उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों का आह्वान किया कि वह मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के लिए आगे आए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना विपक्ष का काम है इसलिए सभी कांग्रेसजनों को एकजुट होकर आगे आना होगा राठौर ने आज शिमला में पार्टी के नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी आज बड़ी समस्याएं बन गई हैं

उन्होंने नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से अपने ब्लॉक और बूथ स्तर की कार्यकारिणी तुरंत गठित करने को भी कहा है

सूरत नेगी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है ताकि वह अपने आप को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सके

समापन समारोह की अध्यक्षता वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की और विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गोविंद ठाकुर ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि हिमाचल ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा किए हैं इस प्रतियोगिता में हमीरपुर वन वृत शीर्ष स्थान पर रहा

समापन अवसर पर राष्ट्रीय वन खेल और डयूटी मीट के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया